प्रत्याशियों की छंटनी के लिए चण्डीगढ़ में हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक

पीएम मतदान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया है कि वे मतदाता के रूप में अपना शीघ्र पंजीकरण करा लें लोकतंत्र के चार अनुरोध नाम से लिखे ब्लॉग में नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोग अपना आवेदन ब्रूथ स्तरीय अधिकारी या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एन वी एस पी डॉट आई एन के माध्यम अथवा चुनाव कार्यालय में भी जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं उन्होंने लोगों से अपने परिवार मित्रों और सहयोगियों से मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है

उन्होंने मतदान के योग्य सभी उन युवाओं से मतदाता पंजीकरण का अनुरोध किया है उन्होंने कहा कि मतदान राष्ट्र के विकास में योगदान की इच्छा प्रकट करता है इसके माध्यम से देश के लोग आपस में जुड़ते हैं और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं प्रधानमंत्री ने राजनीतिक व्यापारी कार्यकर्ता खिलाड़ी फिल्मकार मीडिया और सुबह सैर करने वाले लोगो से अनुरोध किया है कि वे मतदाताओं के बीच में जागरूकता पैदा करें चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने प्रचार के लिए कमर कस ली है

निर्वाचन आयोग भी चुनाव तैयारियों में जुट गया है और च्नाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के लिए राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की जा रही हैं कांग्रेस भाजपा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि पार्टी ने मौजूदा चार लोकसभा सांसदों के नाम ही भाजपा हाईकमान को भेजे हैं शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि मौजूदा सांसदों को ही टिकट देना या न देना पार्टी हाईकमान के क्षेत्राधिकार में आता है सत्ती ने कहा कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा पार्टी के संसदीय ग्रप द्वारा की जाएगी उन्होंने कहा कि बद्दी में हई भाजपा कोर ग्रप की बैठक में लोकसभा चुनाव के बारे में रणनीति बनाई गई इस बीच पार्टी उम्मीदवारों के नामों की छंटनी के लिए कांग्रेस चुनाव समिति की आज चण्डीगढ़ में बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता प्रदेश पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल ने की समाचार एजेंसी यूएनआई के अनुसार पार्टी ने जीतने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस हाईकमान को भेजने का निर्णय लिया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने जन चेतना यात्रा के द्सरे दिन आज सोलन कसौली व अर्की निर्वाचन क्षेत्रों की अनेक पंचायतों में जन सम्पर्क किया कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी

शिमला में आज चुनाव को लेकर तैयारियों के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी सचिवों को निर्देश दिए कि चुनाव आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित की जाए

मुख्य सचिव ने राज्य परिवहन निगम की बसों से भी बैनर हटाने का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं आचार संहिता सोलन आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन और चुनाव तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार ने आज राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ सोलन में बैठक की उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए

उन्होंने मतदाताओं से निर्भीक होकर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का पालन करने को कहा है चुनाव आचार कांगडा मतदाताओं के लिहाज से प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में भी चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने को लेकर प्रशासन चौकस हो गया है जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कमार ने बताया कि जिले में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए लाईसैंसी शस्त्र जमा करवाने के आदेश दे दिए गए हैं उन्होंने सभी शस्त्र धारकों से अपने हथियार नजदीकी पुलिस थाने में जमा करवाने को कहा है संदीप कुमार ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पूरी लगन व जिम्मेदारी से कार्य करने को कहा

चुनाव आचार कुल्लु कुल्लू के जिला निर्वाचन अधिकारी युनूस ने चुनाव संबंधी गतिविधियों के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी है उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक आने के लिए प्रेरित किया जाएगा उन्होंने मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी यानि स्वीप गतिविधियों में तेजी लाने के लिए नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए

बैंकर्ज राज्य स्तरीय बैंकर्ज समिति की बैठक आज शिमला में हुई जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने की बैठक में पिछली तिमाही के दौरान विभिन्न बैंकों को सामाजिक क्षेत्र में दिए गए लक्ष्यों की समीक्षा की गई

लाहौल स्पिति जिले में दोपहर बाद से हल्की बर्फबारी जारी है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है लगातार मौसम खराब रहने से जिले में सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य प्रभावित हो रहा है लाहौल घाटी में पिछले काफी दिनों से सड़कें बंद पड़ी हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्रदेश में इस बार मार्च के दूसरे सप्ताह में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और कई भागों में न्युनतम तापमान शुन्य के आसपास या इससे नीचे दर्ज किया जा रहा है

मौसम विभाग ने प्रदेश में आज व कल वर्षा और हिमपात की सम्भावना जताई है जबकि निचले व मध्यम क्षेत्रों के कई स्थानों पर आंधी तूफान के बीच ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है कार्यशाला केन्द्रीय जल संसाधन व नदी विकास मंत्रालय द्वारा जल सुरक्षा को लेकर कल धर्मशाला में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह कार्यशाला का उदघाटन करेंगे इसमें केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं